मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली गणतंत्र दिवस समारोह के तहत कार्यक्रमों की श्रूआत आज सुबह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्वासुमन अर्पित करने के साथ हई इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण किया गया राष्ट्रगान के बाद इक्कीस तोपों की सलामी दी गई प्रदेश में गणतंत्र दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों शैक्षिक संस्थाओं मदरसों और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया बाद में उन्होंने विधानसभा भवन के सामने आयोजित गणतंत्र दिवस परेड समारोह में भी हिस्सा लिया उन्होंने इस बार पदम पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के जाने माने लोगों और बहादरी पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को शभकामना दी उन्होंने राज्य के लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने की शपथ लेने का भी आग्रह किया केन्द्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पदम प्रस्कारों की घोषणा की है सात व्यक्तियों को पदम विभूषण से सम्मानित किया जाएगा इनमें जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आवे मूर्तिकार स्दर्शन साह और इस्लामिक विद्वान वहीददीन खान शामिल है जाने माने गायक स्वर्गीय एस पी बालासुब्रमण्यम को मरणोपरात दसरे सबसे बडे नागरिक सम्मान से अलंकत किया जाएगा दस व्यक्तियों को पदमभुषण के लिए चुना गया है इनमें लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जानी मानी पार्शव गायिका के एस चित्रा और सेवा निवृत्त लोकसेवक नुपेन्द्र मिश्रा शामिल हैं एक सौ दो व्यक्तियों को पदमश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पदम पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी है एक टवीट में उन्होंने कहा कि हमें उन सभी पर गर्व है जिन्हें पदम अलंकरणों के लिए चुना गया है श्री मोदी ने कहा कि भारत राष्ट्र और व्यापक मानवता के हित में उनके योगदान का सम्मान करता है उन्होंने कहा कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले इन असाधारण व्यक्तियों ने अन्य लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव लाने में योगदान दिया है राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के कर्मियों को चार सौ पचपन वीरता और अन्य रक्षा अलंकरणों की मंजूरी दी है इस बार कोविड वारियर्स को भी विशिष्ट सेवा मेडल दिया जा रहा है सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इसकी विभिन्न मीडिया इकाईयां भारत पर्व के लिए जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं इसमें देश की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जायेगा पर्व में प्रसार भारती ने भी अपना वर्घअल स्टॉल स्थापित किया है जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देने के प्रयासों को प्रदर्शित किया जायेगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अन्य मीडिया इकाई लोक संपर्क और संचार ब्यूरो महात्मा गांधी की एक सौ पचासवी जयंती पर केनद्रित प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त जिला घोषित किया गया है कौशाम्बी राज्य का पहला जिला है जहां कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं है

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ अयोध्या में मस्जिद निर्माण की प्रतीकात्मक शुरूआत आज से हो गई मस्जिद का निर्माण इंडो इस्लामिक कल्वरल फाउंडेशन द्वारा अयोध्या जिले के धानीपुर गांव में आवंटित जमीन पर किया जा रहा है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि आज गणतंत्र दिवस समारोह पर फाउंडेशन के नौ सदस्यों ने राष्ट्रध्वज फहराया और मस्जिद के लिए आवंटित जमीन पर वक्षारोपण कर निर्माण कार्य की औपचारिक शुरूआत की फाउंडेशन के अध्यक्ष जफर फारूखी ने इस अवसर पर कहा कि मस्जिद के अलावा एक प्स्तकालय अनुसंधान केंद्र और सामुदायिक लगर भवन का भी निर्माण किया जाएगा